मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह और उपहारों की आज जयपुर में होगी नीलामी प्राप्त राशि दी जाएगी शहीदों के परिजनों को राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण और संवर्दधन के लिए गौशालाओं का अनुदान बढ़ाने पर जल्द फैसला करेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बदल रहा है और परिवर्तित भारत को कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता कल शाम नई दिल्ली में एक कॉन्क्लेव में श्री मोदी ने कहा हमारी सरकार देश हित में हर फैसला लेने के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि भारतीयों की एकता से देश के भीतर और बाहर कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों में भय पैदा हो गया है रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान से अस्पताल में मुलाकात की उन्होंने कहा कि पूरे राष्ट्र को अभिनन्दन के साहस और वीरता पर गर्व है भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की हिरासत से रिहाई के बाद शुक्रवार को स्वदेश लौटे थे पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में बढते तनाव के बीच सरकार ने वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को जैड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है थन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को पहले से ही जैड प्लस सुरक्षा हासिल है गृह मंत्रालय के अनुसार इन दोनों वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को खतरे के संबंध में हाल ही में समीक्षा करने के बाद इनकी सुरक्षा बढाने का निर्णय लिया गया है जैड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के तहत इन्हें अब केन्द्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा भी मिलेगी भारत और पाकिस्तान की सहमति के बाद आज से दोनों देशों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से रवाना होगी

अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज यह रेलगाड़ी दिल्ली से चलेगी और कल पाकिस्तान के लाहौर से वापसी के लिए रवाना होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह और उपहारों की नीलामी का कार्यक्रम वीरांजली आज जयपुर में आयोजित होगा इस कार्यक्रम में नीलामी में मिली राशि को शहीदों के परिजनों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया जाएगा

श्री गहलोत ने लोगों से नीलामी में भागीदारी कर ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने का आहवान किया है उन्होंने आमजन से अपील की कि देश की सीमा की रक्षा के लिए शहादत देने वाले जवानों के परिवारों की मदद के लिए आम लोग आगे आकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में योगदान करें वित्त मंत्री अरूण जेटली ने रेडियो को प्रभावशाली संचार माध्यम बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात के जरिये देश की जनता से सीधा संवाद कायम किया है और श्रोताओं के मन पर गहरी छाप छोडी है

इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ ए सूर्यप्रकाश ने कहा कि मन की बात डॉ भीमराम अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का साधन है और यह दोतरफा संवाद है क्योंकि इसमें लोगों के सुझाव भी आमंत्रित किये जाते हैं

राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए गौशालाओं को दिया जा रहा अनुदान बढ़ाने पर जल्द फैसला करेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में आयोजित पहले राज्य स्तरीय गौरक्षा सम्मेलन में प्रदेशभर से आए गौशाला संचालकों उनके प्रतिनिधियों और गौसेवक संत महात्माओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अभी जो अनुदान देती है वह गायों के लिए पर्याप्त नहीं है उन्होंने कहा कि गौशालाओं को इस साल की पहली तिमाही का अनुदान जल्द ही जारी कर दिया जाएगा इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं साथ ही सूखा प्रभावित जिलों में जल्द ही चारा डिपो खोले जाएंगे समारोह में श्री गहलोत ने राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया

हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन ने उर्स की सभी तैयारियां पूरी कर ली है इधर अजमेर शरीफ दरगाह और दरगाह कमेटी के प्रमुखों और जाने माने इस्लामी विद्वानों के दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल नई दिल्ली में मुलाकात की

हादसे में एक महिला सहित दो लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं जिले के छलियावाडी गांव में कल कार की टक्कर से एक बालिका की मृत्यु हो गई

प्रदेश में कल भी अनेक स्थानों पर बारिश होने से ठंड का असर बना हुआ है तेज हवाए चलने से जनजीवन प्रभावित है दौसा में अभी भी बूंदा बांदी का दौर जारी है करौली में किसानों को फसल के नुकसान की चिंता सता रही है